स्वनिधि संवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वनिधि संवाद किया

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस योजना के हितग्राहियों से संवाद करते हुए उनके द्वारा किये गये फिर से अपनी आजीविका को पटरी पर लाने के प्रयासों की प्रशंसा की

लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा प्रधानमंत्री ने बताया कि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए आनलाइन डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने पर भी विचार किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले भाई बहनों के पास मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो यह सुनिश्चित किया जा रहा है

छगनलाल वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे चाहते है कि सभी विक्रेता इस योजना का लाभ उठायें

प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों में हितग्राहियों से उनकी राय जानी

इस अवसर पर अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पारली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस कार्यक्रय की तैयारियों की समीक्षा की बैठक में बताया गया कि हर परिवार के पास अपना घर हो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में दो लाख आवास निर्मित किये गये हैं

इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी पेन पेंसिलें पानी की बोतलों आदि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट क्षेत्र से विद्यार्थी या स्टाफ के स्कूल में आने पर मनाही होगी छात्रों को स्कूल आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम छह फुट की दूरी हो षारीरिक दूरी के नियम का सभी जगह पालन करना होगा शिक्षकों और छात्रों को मॉस्क भी पहनने होंगे

छिंदवाड़ा में कल देर रात दो बुजर्गों की मौत हो गई है

उपचुनाव प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के लिये राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है

भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की उपस्थिति में आज भोपाल में पार्टी की अलग अलग बैठकें हुयीं

इन बैठकों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के अलावा विधानसभा उपचुनाव के प्रभारियों पार्टी के जिला अध्यक्षों चुनाव संचालन समिति के सदस्यों और विस्तारकों ने भी भाग लिया मौसम राजधानी भोपाल सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई जबकि शिवपुरी में एक घंटे की बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया मौसम विभाग ने जबलपुर शहडोल रीवा सागर भोपाल होशंगाबाद उज्जैन ग्वालियर चंबल और इंदौर संभाग में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है

इसके तहत महिलाओं को किचिन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए हरी सब्जियां लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

भोपाल स्टेशन के बजाय संत हिरदाराम नगर में इसका हाल्ट रहेगा